अब समाचार विस्तार से मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में कल हुई मंत्रि परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है इस नीति से दो या दो से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन संभव होगा जिसमें ऊर्जा भण्डारण भी शामिल हो सकता है

यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा जिसमें इस कानून को संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया है राष्ट्रपति दया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के एक और अपराधी अक्षय की दया याचिका खारिज कर दी है अक्षय निर्भया सामूहिक द्वष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों में से एक है इसके साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में अब इन चारों में से किसी की भी दया याचिका लम्बित नहीं है गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अक्षय ने कुछ दिन पहले दया याचिका दी थी राष्ट्रपति कोविंद इससे पहले दो अन्य अभियुक्तों विनय शर्मा और मुकेश सिंह की दया याचिकाएं भी खारिज कर चुके हैं कोरोना वायरस चीन में फैले कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक कदम उठाये हैं

इनके नमूने जांच के लिए पुणे की एनआईवी प्रयोगशाला में भेजे गए हैं

धार में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलाथ ने महिला और बाल विकास विभाग के अमले से कृपोषण को समाप्त करने और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्वता के साथ काम करने को कहा है उन्होंने प्रधानमंत्री मातू वंदना योजना के बेहतर कियान्वयन के लिए प्रदेश को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी महिला बाल विकास मेंत्री इमरती देवी ने कल मुख्यमंत्री को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपे और उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी इमरती देवी ने बताया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाल शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनमें शिक्षा के साथ कुपोषण को भी दूर करने के कदम उठाये गये हैं भाजपा नागरिकता भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कैबिनेट द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पारित संकल्प को संविधान के विपरीत बताया है उन्होंने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कितने भी प्रयास कर ले लेकिन राज्य में ये कानून लागू होकर रहेगा और इसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती श्री चौहान ने कांग्रेस सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया भाजपा नेता ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या वह पड़ौसी देशों से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ है

सम्मान में दोनों कलाकारों को दो दो लाख रुपए की राशि सम्मान पट्टिका शाल और श्रीफल भेंट किए जाएंगे अलंकरण समारोह में प्रख्यात युवा पार्श्व गायिका मोनाली ठाक्र अपने दल के साथ गीतों की प्रस्तुतियां देगी समारोह के दौरान संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित की गई लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने युवाओं से कहा है कि वे महात्मा गांधी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारे और समाज में भी जाग्रति लाये उन्होंने कल पचमढ़ी में शैक्षणिक श्रमण के लिए आने वाले विद्यार्थियों के ठहरने के उद्वेश्य से निर्मित नवीनीकृत सुविधा का लोकार्पण करते हुए ये बात कहीं

इस मोके पर उन्होंने युवाओं से शिक्षित और अनुशासित बनने की अपील की श्री टंडन ने कहा कि वसुधेव कुट्टम्बकम की भावना ही हमारे मूल संस्कृति और विचाराधारा है

इन्दौर से ये लोग ग्रामीणों से कुछ बकाया रकम वसूल करने गये हुए थे बच्चा चोरी की अफवाह के बाद इनपर हमला किया गया

उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ संख्त कार्यवाही की जायेगी भाजपा के प्रद्रेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने धार की घटना को लेकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है उन्होंने पुलिस की भूमिका की भी जांच करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि पुलिस के पहुँचने के बाद भी भीड़ हमला करती रही आरएसस बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश और छत्तीससगढ़ के संघ परिवार कार्यकर्ताओं के साथ दो दिन की बातचीत का सिलसिला कल भोपाल में शुरू किया इसका आयोजन भोपाल में चल रहे चार दिन के राष्ट्रीय स्वष्यं सेवक संघ सम्मेलन के हिस्से के रूप में किया जा रहा है बैठक के दौरान श्री भागवत ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें देश में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहती है इस सम्मेलन में महिलाओं युवाओं और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय मजदूर संघ विश्व हिन्दू परिषद हिन्दू जागरण मंच और सेवा भारती जैसे बीस संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं

इसके तहत इंदौर शहर में भिखारियों के सर्वेक्षण का काम शुरु किया गया

इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव और सामाजिक न्याय विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे

वहीं उन्हेल रोड़ पर ट्रक पलट जाने से दो लोगों की मृत्यु हो गयी